राज्य विधानसभा में नेशनल पीपूल्स पार्टी के विधायक मुचु मिथि ने कल निर्धारित लैंड प्रिमियम के दरो के विभिन्न श्रेणियों में असमानता का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने प्रदेश में जमीनों के प्रिमियम दरों को पांच वर्गों में बांट रखा है लेकिन इस नीति के कारण तेजू में जमीन की प्रिमियम दरे राजधानी ईटानगर के कई इलाको से ज्यादा है आपातकालिन चर्चा में भाग लेते हुए कई सदस्यों ने भूमि प्रबंधन में असमानता का उल्लेख करते हुए कहा कि कई बार जमीन की बिक्री और खरीद में हर बार प्रिमियम दरों का भुकतान करना पड़ता है सदस्यों ने राजधानी ईटानगर में सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माणों का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संबंधित जिलों के जिला उपायुक्तों से इस मसले पर फिर से रिपोर्ट मंगवाएंगे मुख्यमंत्री ने माना कि भूमि प्रबंधन के वर्तमान दिशा निर्देशों में कुछ खामिया है जिन्हें दूर कर लिया जायेगा उपमुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि तवांग स्थित सांबाचू हाईड्रो प्रोजेक्ट पूरा हो गया है और यहां से बिजली उत्पादन इस महीने शुरु हो जायेगा प्रश्नकाल के दौरान इस परियोजना से जूड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दो हजार नौ में शुरु हुई इस परियोजना में देरी का कारण निर्धारित धनराशि का समय से उपलब्ध न हो पाना था श्री मैन ने कहा कि परीक्षण के दौरान बिजली उत्पादन अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि इस मौसम में पानी की उपलब्धता जरुरत से बहुत कम है उन्होंने कहा कि मई के महीने में एक बार फिर से इस संयंत्र की बिजली उत्पादन क्षमता की जांच की जाएगी मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने कहा है कि राज्य में रह रहे चकमा हाजोंग शरणार्थियों को राज्य में नागरिकता दिये जाने का कोई विचार नहीं है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून से अरुणाचल प्रदेश को मुक्त रखा है इसलिए नये कानून के कारण भी चकमा हाजोंग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है राज्य विधानसभा में विधायक निनोंग ईरिंग और लोमबों तायेंग द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर रखी है जों विचाराधिन है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए प्ररी तरह से गंभीर है राज्य में आने वाले गैर अरुणाचली नागरिकों के लिए जारी इनर लाईन परमिट व्यवस्था का उल्लेख करते हुए श्री खांडू ने कहा कि इस मामले में आई एल पी प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए वे सभी पार्टी के साथ विचार विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे राज्य विधानसभा में सर्वसम्मति से विधानसभा सचिवालय के लिए एक नया लोगो यानि प्रतिक चिन्ह स्वीकार कर लिया है विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने सदस्यों को इस नये लोगो की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय के महत्व और उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए एक विशिष्ठ और सार्थक लोगो की बहुत जरुरत थी लोगो स्वीकार किये जाने के प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेते हुए विधायक निनोंग ईरिंग सहित कई अन्य सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये गए लोगों की विशेषताओं की प्रशंसा की प्रस्ताव पारित होने से पूर्व विधानसभा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि इस लोगों में राष्ट्रीय प्रतिक चिन्ह है जों भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को प्रकट करता है प्रतिक चिन्ह में फॉक्सटेल ऑर्किड राज्य के नागरिकों और उसकी संस्कृति को प्रकट करते है जबकि नीला रंग अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा सचिवालय की स्वायत्ता को दर्शाता है सरकार ने आठ पूर्वोत्तर राज्यों का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को पांच हजार पांच सौ उनसठ करोड़ रुपये का प्रंजीगत अनुदान मंजूर किया है